जिसमें संसदीय मामला मंत्री बामांग फेलिक्स डिप्टी स्पीकर तेसाम पोंगते विधायक निनोंग ईरिंग तेची कासो तापुक ताकू और विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना पदेन अध्यक्ष के रुप में शामिल है यह समिति पच्चीस जून से तीस महीने तक के लिए गठित किया गया है

गुरुवार को ईटानगर में बजट पूर्व परामर्श बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री मैन ने यह बात कही इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले साल के बजट के दौरान विभिन्न विभागों को आवंटित किए गए सत्रह हजार करोड़ रुपये को विभागों ने खर्च नही किया वे उपयोग प्रमाण पत्र नही सौंप पाये इस अवसर पर कृषि मंत्री तागे ताकी न अपने संबोधन में कहा कि वह वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों के आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के एकल मिशन के साथ कार्य कर रहा हैं

इस दौरान आयोग ने आशा जताई की श्री खाण्डू के नेतृत्व में महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं में बढ़ोत्तरी होगी महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए महिला आयोग ने कानून के तहत विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने की जरुरत को फिर से दोहराया आयोग ने युवाओं के मादक पदार्थों की लत के खतरे पर भी चिंता जताते हुए आगामी बजट में ड्रग पुनर्वास सेंटर और किशोर ऑब्जर्वेशन हॉम उचित सुविधाओं और जनशक्ति के साथ स्थापित करने का प्रावधान देने की अपील की

प्रदेश हिंदी संस्थान के गतिविधियों के बारे में श्री खाण्डू को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान हिंदी और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर अध्यायों का शोध और लेखन कर अरुण भारती के वक्त को फिर से वापस लाना चाहते है उन्होंने बताया कि मुख्यधारा हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तकों में इन अध्यायों को शामिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल और मानव संसाधन विभागों के साथ भी पत्र व्यवहार किया है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर वह मंत्री मंडल से विचार विमर्श करेगा और अगर संभव हुआ तो इसे इस साल के बजट में शामिल करेंगे

इसे खोंसा स्थित रामाकृष्ण शारदा मिशन स्कूल के भाभा परमाणू अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने आठ महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वेन को भी हरी झंडी दिखाई पुर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबधन संस्था के अंतर्गत जिला समुदाय संस्थान प्रबंधन संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया था यह बायो डाइजेस्टर प्लांट प्रद्रषण को रोकने में मदद करेंगे और बायोडिग्रेडेबल कचरे का निपटान में समाधान प्रदान करेगा